केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों की सीमाओं पर फंसे मालवाहक वाहनों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए राज्यों से तुरन्त कार्यवाही करने को कहा

मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों के साथ की गई बैठक में यह जानकारी दी

स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्यभर के कंटेनमेंट जोन में मिशन लाइफ सेविंग शुरू किया किया है

शहर में कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में निर्भया स्कवायड टीम एसटीएफ आरएसी हाडी रानी तथा घुड़सवारों द्वारा निरन्तर गश्त की जा रही है

किराने की दुकान पर पान मसाला और ध्रम्रपान सामग्री बेचने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एक लाख रूपये कीमत की धूम्रपान सामग्री जब्त की गई है

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस सहयोग के लिए सभी दानदाताओं भामाशाहों और संस्थाओं को धन्यवाद दिया है

श्री शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इन नियुक्तियों में आ रही सभी अड़चनों को विशेष प्रयास कर दूर कर यह नियुक्तिया दी गई है

साथ ही प्रदेश के बाहर गुजरात बिहार महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भी प्रवासी राजस्थानियों की मदद की जा रही है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

बैठक में भाग लेते हुए राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केन्द्र सरकार से मांग की कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन के कारण अटके लाखों प्रवासी मजदूरों छात्रों और आमजन को अपने गृह राज्यों में जाने देने की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग केन्द्र के स्तर पर की जाए

आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि देशभर में जारी लॉकडाउन के दौरान पानी की घरेलू खपत में बढ़ोतरी हई है लेकिन औद्योगिक खपत में कमी आने से जलापूर्ति में संतुलन बना हुआ है उन्होंने बताया कि केन्द्र ने राज्यों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक परिवार के लिए पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि लोग बुनियादी स्वच्छता बनाए रखे

श्री पायलट ने कहा कि इस राजमार्ग के विकसित हो जाने के बाद जोधपुर पाली नागौर सहित कई अन्य कस्बों का भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ तथा कोटा से सीधा सम्पर्क हो जाएगा इसका लाभ पाली भीलवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ की सीमेंट कपड़ा अन्य औद्योगिक इकाइयों को मिलेगा

इसके लिए एक खंडपीठ तथा तीन एकलपीठ का गठन किया गया है सुनवाई के लिए न्यायाधीश कोर्ट रूम में नहीं बैठेंगे बल्कि अपने निवास या चैम्बर से सुनवाई करेंगे